शिमला में हुए राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के समग्र व संतुलित विकास के लिए सरकार डॉक्टर परमार द्वारा तैयार रोडमैप का अनुसरण कर रही है उन्होंने कहा कि वे किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण की सोच रखते थे इसके अलावा उन्होंने सभी क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए सड़कों के निर्माण पर विशेष बल दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन के महत्व को देखते हुए सरकार भविष्य में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों व महाविद्यालयों में परमार जयंती समारोह मनाएगी ताकि विद्यार्थी डॉक्टर परमार के जीवन से प्रेरणा ले सकें इससे पूर्व उन्होंने ऐतिहासिक रिज मैदान पर डॉ परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों सहित कई गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे प्रदेश के अन्य भागों में भी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए गए सड़क सुरक्षा प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से आज से सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए राज्यस्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरूआत एक बड़ी पहल है मुख्यमंत्री ने लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और इस अभियान पर आधारित फेसबुक पेज का शुभारम्भ किया उन्होंने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों को लागू करने में सहयोग की भी अपील की उधर सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी के सेरी मंच से अभियान की शुरूआत की भेंट सांसद राम स्वरूप शर्मा किशन कपूर और सुरेश कश्यप ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके आवास पर भेंट की इस दौरान प्रदेश में विकास की विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा की गई मिंजर मेला चम्बा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने रावी नदी में हाथ से बनी मिंजर विसर्जन कर मेले का विधिवत समापन किया अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज मशहूर गायक गुरदास मान व कई कलाकार प्रस्तुतियां देंगे महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने मण्डी जिले में धर्मपुर क्षेत्र के बरोटी में आज जनसमस्याएं सुनीं

पर्यटन उत्सव कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने रोहतांग सुरंग के दिसम्बर माह तक बनकर तैयार होने की संभावना जताई है लाहौल स्पीति के जिस्पा में पर्यटन उत्सव के समापन पर उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक ढांचे को विकसित करना जरूरी है मारकण्डा ने पर्यटन उत्सव के सफल आयोजन पर आयोजकों को बधाई दी और कहा कि ऐसे कार्यक्रम स्थानीय संस्कृति को बचाने में कारगर साबित होते हैं कृषि मंत्री ने काजा में करोड़ों रूपए की योजनाओं के उदघाटन शिलान्यास भी किए

उन्होंने बताया कि रेनबो ट्राउट के सफलतापूर्वक प्रजनन के बाद अब कुल्लू के अलावा शिमला मण्डी कांगड़ा किन्नौर चम्बा और सिरमौर जिलों में भी निजी क्षेत्र में ट्राउट इकाईयां स्थापित की गई हैं

न्यायाधीश प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश व विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने लोगों को समय पर प्रभावी कानूनी सहायता देने पर बल दिया है सुंदरनगर में विधिक सेवा प्राधिकरण के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं धर्मचंद चौधरी ने समाज के सभी वर्गों से समाज को नशामुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आहवान भी किया सर्टिफिकेट राज्य सरकार ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने शुरू कर दिए हैं राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य अजय श्रीवास्तव ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है